आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्व सम्मान दिवस मनाया जा रहा है हर वर्ष यह दिन पहली अक्तूबर को इसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए मनाया जाता है कि वृद्व जन सभी मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का पूरा आंनद उठा सके आकाशवाणी संवाददाता के अन्सार वृद्वजनों के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य उनके योगदान को पहचानना और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करना है

इस वर्ष की थीम है वृद्व मानव अधिकार चैपिंयंस मनाना उधर यम्नानगर में भी आज अंतर्राष्टीय वृद्व सम्मान दिवस मनाया गया इस मौके पर जिला समाज कल्याण विभाग दवारा जगाधरी में समारोह आयोजित कर ब्ज्गो को सम्मानित किया गया कार्यक्रम में एसडीएम जगाधरी ने बतौर म्ख्य अतिथि शिरकत की कुछ शिक्षण संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने देश में संयुक्त परिवार प्रणाली की पुरानी परंपरा को बढ़ावा देने को कहा है ताकि समाज में ब्ज्र्गो की हिस्सेदारी और देखभाल स्निश्चित हो सके उन्होंने वृदवाश्रमों के नाम बदल कर इसे वरिष्ठ जनों का घर करने का स्झाव दिया आज नई दिल्ली में वृद्वजनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे उन्होंने जाने मामने हद्वयरोग विशेषज्ञ डा पी वेण्गोपाला सहित कई प्रतिष्ठितलोगों को वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रस्कार प्रदान किये श्री नायड् ने इस मौके प ब्जुर्ग लोगों की आबादी का पता लगाने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आयष्मान भारत स्वासथ्य योजना का उपयोग करने के लिए अधिकारिक सर्वेक्षण करने की आवश्यक्ता बताई उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने कहा है कि मानवाधिकार सभी लोगों के लिए नीहित अधिकार है और राज्यों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो इन अधिकारों की रक्षा और बचाव करें

श्री नायडू ने कहा कि आंतक के खतरे का सामना करने के लिए एक मजबूत और एक जूट कार्रवाई की जरूरत है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इसके लिये एक निर्धारित कार्य योजना बनाने को कहा

राज्य की इस उपलब्धि से प्रभावित हो कई प्रदेशों में अन्त्योदय सरल मॉडल में लोगों की रूचि बढ़ी है म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ये ऑन लाइन स्विधा केन्द्र विभागों का चक्कर काटना कम करने के लिए स्थापित किये गये है जिसका उद्देश्य सभी सेवायें व परियोजनायें लोगों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराना है और सब कुछ ऑन लाइन होने मे लोग अपने काम का स्टेटस भी चेक कर सकते है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री ने मिट्टी के बर्तनों का ज्यादा प्रयोग करने की अपील करते हुए आने वाले दिनों में सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की चीजों का जगह मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जायेगा

उन्होंने इस मौके पर हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में मिट्टी से बर्तन और साज स्जजा का सामान बनाने वालों के लिए कोर्स श्रू करने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रंजापति समाज के विकास के लिए कदम उठाये जा रहे है उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व केन्द्र सरकार ने भी कई ऐसी योजनायें शुरू की है जिनसे लाभ लेकर प्रजापित समुदाय के लोगों दवारा व्यवसाय श्रू किया जा सकता है और अन्त्योदय केन्द्रों से सभी योजनाओं की जानकारी ली जा सकती है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संयुक्त राष्ट्र संघ में दिये गये भाषण में म्ख्यमंत्री ने कहा कि भारत सक्षम है और द्श्मन की किसी भी नापाक कोशिश को पूरा नहीं होने देगा

हरियाणा में आज से शुरू हुई बाजरे की खरीद के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत सम्बधित आईएएस या एचसीएस अधिकारी की अध्यक्षता में चालीस मंडी स्तरीय शिकायत निवारण कमेटिया का गठन किया है जो अदायगी और खरीद सम्बधी मामलों का मौके पर ही निपटारा करेगी ये अधिकारी आज पहली अक्तूबर से पन्द्रह नवम्बर तक मंडियों में तैनात रहेंगे

हरियाणा के झज्जर जिले के उपाय्क्त सोनम गोयल को कल नई दिल्ली में एफ एम आर टी अस्मिता वूमन लीडरशिप कन्कलेव में आऊटस्टेंडिंग वूमन एडमीनीस्ट्रेटर अवार्ड प्रदान किया गया म्ख्य अतिथि पदम भ्षण सम्मान प्राप्त प्रख्यात अभिनेत्री शबाना आज़मी ने सोनम गोयल को एडमिनीस्ट्रेटर अवार्ड प्रदान करते हये उनकी कार्यशैली की सराहना की और उन्हें महिलाओं के लिए एक आदर्श बताया कन्कलेव में विभिन्न क्षेत्रो में उल्लेखनीय कार्य करने वाली अन्य महिलाओं को भी सम्मानित किया गया ग्रूग्राम में ज़मीन की सर्कल दरे बढ़ा दी गई है दस अक्तूबर मे से बढ़ी दरे लागू होगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में ज़मीन की सर्कल दरें अब बाजार भाव के म्ताबिक होगी काबिलेगौर हैा कि क्छ इलाकों में ज़मीन के बाज़ार भाव सर्किल रेट से द्गने से अधिक है और क्छ इलाकों मे कम है प्रदेश को उम्मीद है कि बाज़ार भाव के मुताबिक सर्कल रेट होने से कालाबाज़ारी पर अकंश लगेगा

इसके लिए सभी से पांच अक्तूबर तक राय मांगी गई है भिवानी में बाढ़सा रोड पर एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई हादसे मे नवा ढाणी के पास पिकअप गाड़ी व स्कूटरी की टककर में स्कूटी सवार ओम प्रकाश व अतिथि अध्यापक रणसिंह घायल हो गये और अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया जांच अधिकारी ने बताया कि ओम प्रकाश के पिता के बयान पर पिकअप चालक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है